राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान मिले एक सौ सड़सठ नए कोरोना संक्रमित दो सौ अट्ठासी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छ्ट्टी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार के लिए जारी किये नए दिशा निर्देश मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी पर रियायत का प्रावधान

केंद्र सरकार ने किसानों को उच्चस्तरीय मंत्रियों की समिति के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को लिखे एक पत्र में आज तीसरे पहर तीन बजे नई दिल्ली में निर्धारित बैठक में बातचीत के लिए बुलाया है कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि पहले दौर की बातचीत में जिन किसान नेताओं ने हिस्सा लिया था उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है किसानों को बातचीत का निमंत्रण गतिरोध समाप्त करने के बारे में भाजपा नेताओं और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच सलाह मशविरा किए जाने के बाद किया गया है किसान संगठन नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई जिनमें एक सौ सड़सठ नए संक्रमित मिले इसी के साथ राज्य में अबतक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख नौ हजार एक सौ इक्यावन पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ अट्टासी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छह हजार एक सौ इकहतर पहुंच गई है झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानबे दशमलव दो छह प्रतिशत पहुंच गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो हजार सोलह रह गई है राज्यभर में कल कोर्रोना से सिर्फ एक मरीज की मौत हुई और अब तक मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर नौ सौ चौंसठ पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में रांची से उनसठ पूर्वी सिंहभूम से बाइस और अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता प्राप्त की है

देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमितों की संख्या से करीब बीस गुणा ज्यादा है

इनमें मास्क नहीं पहनने पर जर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल हैं मंत्रालय की मानक संचालक प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड नियंत्रण क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बाजार पहले की ही तरह बंद रहेंगे इन क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजार संघों को बाजारों में कोविड की रोकथाम के उपाय संचालित करने के उचित कदम उठाने का भी परामर्श दिया गया है दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों के प्रवेश और पार्किंग क्षेत्रों में सरकारी मूल्यों पर मास्क कियोस्क लगाए जाने चाहिए आज विश्व एड्स दिवस है

इस वर्ष के एड्स दिवस का विषय है उन्नत और कारगर ढंग से एचआईवी या एड्स महामारी का समापन यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस के साथ रह रहे लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर उसके सभी कार्मिकों और उनके परिवारों को शभकामनाएं दीं उन्होंने एक टवीट में कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने देश की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद करने में अपने शौर्य और कर्मठता का परिचय दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है

एक ट्वीट में श्रीशाह ने कहा कि बीएसएफ ने हमेशा अपने लक्ष्य जीवन पर्यन्त कर्तव्य को पूरी आन बान शान से निभाया है

स्पाइसजेट एयरलाइंस के विमान रांची एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे दो विमानों के उड़ान भरने के बाद रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट की संख्या संत्रह हो जाएगी अभी रांची से पंद्रह फ्लाइट उड़ान भर रही है अभी रांची से दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलुरु हैदराबाद और मद्रास के लिए उड़ान उपलब्ध है इस तरह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट की संख्या में इजाफा हो जाएगी

रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि जल्द ही दोनों नए विमानों की समय सारिणी जारी कर दी जाएगी गोरखपुर हटिया फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अब नए आदेश के अनुसार एक जनवरी तक चलेगी

राज्यभर में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस बीडीएस और आयुष चिकित्सक में नामांकन को लेकर पहली काउसिंलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल शुरू हो गई स्टेट मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि तीन दिसंबर निर्धारित है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के अनुसार छह से दस दिसंबर तक औपबन्धिक सीट आवंटन पत्र निर्गत किया जाएगा वहीं दूसरी ओर राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस में बची हुई सीटों पर नामांकन के लिए स्पेशल राउंड ऑनलाइन काउंसिलिंग होगी इसे लेकर कल स्टेट मेरिठ लिस्ट जारी की जाएगी रांची जिले के बनहोरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे एक सौ पचहतर फ्लैटों का आज लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा जिस लाभुक को जो फ्लैट आवंटित होगा उसे उसी में रहना होगा

इसे लेकर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षातं मंडप में लॉटरी का आयोजन किया जा रहा है बनहोरा में बन रहा अपार्टमेंट चार मंजिला होगा ये फ्लैट उन लाभुकों को आवंटित किये जाएंगे जो सत्रह जून दो हजार पंद्रह के पहले से रांची में रह रहे हैं राजधानी रांची में बिजली विभाग बकायेदारों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है इसी के तहत कल एक हजार चार सौ इकसठ बकायेदारों के कनेक्शन काटे गये

विभाग का अभियान सितंबर माह से चल रहा है परेशानी से बचने के लिए बकायेदारों से बिजली बिल जमा करने की अपील की गई है रांची नगर निगम के द्वारा आज अपर बाजार थोक विक्रेता संघ के कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस के लिए शिविर लगाया जा रहा है इस शिविर में ट्रेड लाइसेंस के साथ ही आम नागरिकों के लिए होल्डिंग टैक्स वाटर टैक्स होल्डिंग नंबर के लिए भी आवेदन लिये जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के बाद से रांची जिले में ट्रेड लाइसेंस बनना बंद था ऐसे में व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था

खूंटी जिले में अपराध की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है इस दौरान पुलिस ने कई अपराधियों और माओवादियों को गिरफ्तार किया है

इससे पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि उन्नीस नवंबर थी जिसे बढ़ाकर तीन दिसंबर कर दिया गया दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अगले माह दस जनवरी को होगी रांची नगर निगम में टैक्स जमा नहीं करने वाले द्वानदारों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है दो लाख रूपये से अधिक की राशि बकाया रखने वाले दकानों को सील करने की चेतावनी दी गई है रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कोरोना महामारी के दौरान पिछले आठ महीनों से कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों में योगदान देने वाले डॉक्टरों नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को कल प्रसस्ति पत्र देकर सम्मानित किया रांची विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट थ्री की परीक्षा आज से शुरू हो गई दो पालियों में चल रही इस परीक्षा के लिए कुल चौदह केंद्र बनाए गए हैं